मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें

इनमें अजमेर अलवर भीलवाड़ा चित्तौडगढ़ डूंगरपुर जयपुर जोधपुर कोटा और आबूरोड शामिल है

सरकार ने सभी जिलों में कंटेनमेंट जोन चिन्हित कर उनमें जीरो मोबिलिटी सुनिश्चित करने का भी निर्णय लिया है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कल जयपुर में हुई उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्णय किए गए

इसके अलावा संक्रमण की पांच प्रतिशत से अधिक पॉजीटिविटी रेट वाले क्षेत्रों में टेस्टिंग बढ़ाने सहित कई कदम उठाए गए हैं मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन में जीरो मोबिलिटी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और होम आइसोलेशन की पालना सुनिश्चित करें उन्होंने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल और एसओपी के उल्लंघन को सख्त उपायों से रोका जाना बेहद जरूरी है कोरोना संकमण के बढ़ते मामलों के मददेनजर बीकानेर में आगामी आदेशों तक किसी भी धार्मिक राजनैतिक और सामाजिक जुलूस वाले आयोजनों को अनुमति नहीं दी जाएगी बिना अनुमति के इस तरह के आयोजन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी वहीं ब्रंदी में दो स्थानों को माइको कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण ग्रप्ता ने कहा कि राज्य में पिछले दिनों से कोविड संक्रमण के मामले बढ़े हैँ ऐसे में संक्रमित मतदाताओं द्वारा उनकी सहमति पर पूरे प्रोटोकॉल के साथ मतदान करवाया जाएगा उन्होंने बताया कि मतदान केन्द्र पर उनके लिए अलग से प्रतीक्षा कक्ष बनाया जाएगा और आने वाले प्रत्येक संक्रमित मतदाता को पीपीई किट भी उपलब्ध करवाई जाएगी

यह अब तक का जिले का सर्वाधिक टीकाकरण है करौली में वैक्सीनेशन सेंटर का नियमित रूप से निरीक्षण किया जा रहा है

जांच में इनके पास बड़ी संख्या में नकदी तथा गहनों का भी पता चला है ब्यूरो की कार्रवाई जारी है कमिश्नर के पति रेलवे की कंपनी में ग्रुप जनरल मैनेजर हैं

इससे पहले कल चेन्नई में खेले गए पहले मैच में रॉयल चैंलेजर्स बैंगलोर ने मुम्बई इंडियन्स को दो विकेट से हराया